वहां वे रोहिन्या इलाके के केनरूर गांव में स्कूली बच्चों के साथ अपना अड़सठवां जन्मदिन मनइहें इसके बाद वे काशी विद्यापीठ के छात्रों और उनकी मदद से पढ़ाई कर रहे कूड़ा बीनने वाले बच्चों के समूह से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री कल पांच सौ करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और कुछ परियोजनओं की आधारशिला रखेंगे हमारे संवाददाताने बताया है कि श्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् सहित कई केन्द्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है राष्ट्रपति ने अपने बधाई संदेश में उनकी दीर्घायु और वर्षो तक देश की जनता के प्रति समर्पित सेवा की कामना की उपराष्ट्रपति ने कहा है कि श्री मोदी के दुरदर्शी नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और विश्व में अपना यथोचित स्थान बनाए हए है गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेज गति से विकास करते हुए विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कामना की है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्षो तक राष्ट्र की सेवा करते रहे सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा है कि श्री मोदी के क्शल नेतृत्व में भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने भी श्री मोदी को जन्मदिन की दबाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में कुष्ठाश्रम जाकर कुष्ठ रोगियों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन मनाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोगों तक स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश सरकार निरन्तर कार्य कर रही है सरकार समाज के अन्तिम व्यक्ति तक हर जन कल्याणकारी योजना और सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कटिबद्द है मुख्यमंत्री आज गोरखपूर में जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है मरीजों के इलाज में किसी तरह की लापरवाही बर्दास्त नही की जायेगी निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में मरीजों से भी मुलाकात की और उनसे सुविधाओं का फीडबैक लिया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष दो हज़ार उन्नीस की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी गई है यह परीक्षाएं अगले साल सात फ़रवरी से शुरू होकर दो मार्च तक जारी रहेंगी

परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा समय सारिणी तय करते समय सार्वजनिक अवकाश और कुंभ स्नान के मुख्य दिवसों को ध्यान में रखा गया है उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों की सुविधा के मद्देनज़र परीक्षाओं की पहली पाली की समयावधि में भी संशोधन किया गया है अब प्रातःकालीन परीक्षाएं सुबह साढ़े सात बजे की जगह आठ बजे से सवा ग्यारह बजे तक आयोजित कराई जायेगी जबकि सांयकालीन परीक्षाओं का समय पहले की तरह दोपहर दो बजे से सवा पांच बजे शाम तक रहेगा

विश्वकर्मा जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्वा और भक्ति के वातावरण में ध्रम्धाम से मनायी जा रही है कल कारखानों निर्माण स्थलों तथा अभियंत्रिकी से जुड़े संस्थानों में आज सुबह भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गयी कारखानों में काम करने वाले लोगों ने अपने औजारों की भी पूजा की कई स्थानों पर पण्डालों में स्थापित भगवान विश्वकर्मा की मूर्तियों की भी पूजा अर्चना की गयी कृष्ठ स्थानों पर शोभायात्रायें निकाले जाने की भी खबर है जबकि कुछ स्थानों पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले श्रमिकों को सम्मानित भी किया गया उधर केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इस अवसर पर आज नई दिल्ली में एक समारोह में विभिन्न श्रेणियों के एक सौ उन्तालिस श्रमिकों को दो हजार सोलह के विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किये श्रीगंगवार ने बताया कि सरकार ने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए अनेक पहल की है